अब समाचार विस्तार से अमित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभित शाह ने कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले छह वर्षो में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मोदी के जीवन और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यो पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्वा ग्रंथ का विमोचन करने के बाद श्री शाह ने यह बात कही श्री शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने कृषि स्वास्थ्य और उद्योग समेत अनेक क्षेत्रों में सुधार किये हैं उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने कामकाज की राजनीति के बल पर तुष्टिकरण जातिवाद और वंशवाद की राजनीति खत्म की है

जल कार्यशाला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे न नदी तालाब और कुओं के संरक्षण और संवर्धन की ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिये हैं भोपाल में आयोजित जल जीवन मिशन कार्यशाला में श्री पांसे ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों को घर तक नल से जल पहुँचाने की जिम्मेदारी को भिशन के रूप में निभायें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राईट टू वाटर एक्ट के जरिये सम्पूर्ण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की सार्थक पहल की है इस भिशन का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों है मंत्री श्री पांसे ने अधिकारियों से कहा कि जल मिशन योजना के अन्तर्गत न सिर्फ लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो बल्कि योजनाओं से ग्रामीणों को दीर्घकालीन लाभ भी मिले

आमजन इस सभा में शामिल होने के लिए ऑनलाईन पंजीयन करवाकर प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं राज्यपाल के सचिव मनोहर दूबे ने बताया है कि शास्त्रार्थ सभा में देश के प्रतिष्ठित विद्वजन और व्याकरणविद् न्याय व्याकरण ज्योतिष और साहित्य विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे अनुगॅ ज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभ्राम चौधरी आज भोपाल के रविन्द्र भवन में स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूँज का शुभारंभ करेंगे दो दिवसीय इस कार्यक्रम का पहले दिन धनक से आगाज होगा

भारत ने टॉस जीत कर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया

भारत के लिए इंदौर का होलकर स्टेडियम एक बार फिर भाग्यशाली साबित हुआ

भारत के कप्तान विराट कोहली के लिए ये मैच यादगार बन गया

फिट इंडिया इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित परिसर में कल से फिट इंडिया अभियान शुरू किया गया अभियान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों प्राध्यापक और कर्मचारियों के साथ आम नागरिक भी शामिल हुए

आईफा समारोह सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा अवॉर्ड्स समारोह का आयोजन इस वर्ष मध्यप्रदेश में किया जाएगा तीन दिवसीय समारोह एक दिन भोपाल और दो दिन इंदौर में आयोजित होगा इंदौर में होने वाले समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बैठक ली इसमें समारोह स्थल के चयन को लेकर चर्चा की गई

मौसम प्रदेश में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में वृद्धि के चलते मिली राहत के बीच राज्य के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई है सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आधी रात से शुरू हुई बारिश अभी भी जारी है इससे दलहन फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है मौसम केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिक पी के साहा के मुताबिक जम्मू कश्मीर की ओर बने पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में ऊपरी हवाओं में बने चक्रवात के असर के चलते बेमौसम बारिश की स्थिति बनी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में मौसम की स्थिति अभी एक दो दिन तक ऐसा ही रहने का अनुमान है